विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिको अब गैर निवासी भारतीय नागरिकों यानि एनआरआई की तरह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आवेदन करने के योग्य होंगे पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने विदेशों में रहे भारतीय नागरिकों को यह स्विधा देने की घोषणा की है वित्तमंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हये कहा कि प्राधिकरण के कानूनों के प्रस्तावों के अन्सार पूंजी निवेश के योग्य विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक ही इसके लिए आवेदन दे सकेंगे और उनका संचित धन विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के नियमों के अन्सार देश में लाया जा सकेगा

श्रीमती सीतारमण ने परमहंस योगानन्द भारत के महान सपूत थे जिन्होंने विश्वभर मे ख्याति अर्जित की उन्होंने कहा कि संचार माध्यम सीमित होते हये भी मानव जाति के बीच सदभाव का उनका सार्वभौम संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है

यहां से तड़के यह तीन बजे लंदन के लिए रवाना होगा इस उड़ान से श्री गुरू नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर पंजाब आने वाले सिक्ख श्रद्वाल्ओं को लाभ मिलेगा एयर इंडिया अगले वर्ष मार्च से दिल्ली अमृतसर टोरटों उड़ान को हफते मे तीन बार से रोज़ाना करने पर विचार कर रही है

पंचकूला में स्थित हरियाणा की प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ऐजेएल प्लॉट आवंटन मामले में दोनों म्ख्य आरोपियों पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हड्डा व एजीएल हाउस के चेयरमैन मोतीलाल वोरा को आज अंतरिम जमानत दे दी न्यायाधीश जगदीप लोहान ने दोनों को पांच पांच लाख रूपे के म्चलके पर अंतरिम जमानत दी

भारत के लौह प्रूष सरदार वल्लभाई पटेल की जयंती को कल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जायेगा इस दिवस को भव्य तरीके से मनाने के तैयारियां जारी है देशभर के लाखों लोग विभिन्न कार्यक्रमों मे हिस्सा लेंगे

वह एकता दिवस परेड में भी भाग लेंगे और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन स्थल का भी दौरा करेंगे

पिछले रविवार अपने मन की बता कार्यक्रम में श्री मोदी ने एक लक्ष्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए रन फॉर यूनिटी में बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया गृहमंत्रीअमितशाह भी नई दिल्ली के मेजर ध्यान चंद स्टेडियम से सुबह रन फॉर युनिटी को रवाना करेंगे

इस मौके पर म्ख्य अतिथि चंडीगढ़ प्लिस प्रम्ख संजय बेनीवाल होंगे

हरियाणा पुलिस द्वारा इस अवसर पर पंचकूला में प्लिस म्ख्यालय में तैनात सभी अधिकारियों और प्लिसकर्मियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शपथ भी दिलवाई जाएगी उन्होंने कहा कि राष्ट्र की एकता अखंडता और स्रक्षा की भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी जिलों में शपथ ग्रहण समारोह व एकता का संदेश देती हई रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया जाएगा इसके अतिरिक्त कल शाम हरियाणा प्लिस अकादमी मध्बन में एक स्पेशल परेड का आयोजन भी किया जाएगा साथ ही भारत के लौह प्रुष कहे जाने वाले सरदार पटेल के कार्यो और देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रति उनके समर्पण को भी याद किया जाएगा हमारे अम्बाला पंचकूला पलवल और फरीदाबाद से संवाददाताओं ने भी बताया कि कल सुबह साढ़े सात बजे रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जायेगा हरियाणा सरकार द्वारा कल को हरियाणा सिविल सचिवालय में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ कार्यक्रम मनाया जाएगा इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर राज्य सरकार के मुख्य हरियाणा सिविल सचिवालय व नव हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कल राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा है यह कार्यक्रम हरियाणा की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा

पलवल में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा कल से लेकर दो नवम्बर तक जिला स्तरीय खेल महाक्भ का आयोजन किया जा रहा है खेल अधिकारी राम लोटन ने बताया कि खिलाड़ियों ने आज से पंजीकरण करवाना श्रू कर दिया है

ये प्रतियोगितायें ओपन वर्ग में आयोजित होगी